राज्य में रात के तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ा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

इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया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

कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्यों ने सदन में विधेयक पेश किये जाने का विरोध किया

संसद भवन के बाहर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह देश के हित में है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसे दोनों सदनों की मंजूरी मिल जायेगी

ये समुदाय हैं हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई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

इसके लिए प्रत्येक जिले के लिए केन्द्र राज्य तथा स्थानीय अधिकारियों को मिलाकर एक दल का गठन किया गया है

जयपुर समेत प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं भरतपुर शहर के बाजार आज बंद रहे भरतपुर में हुए प्रदर्शन में पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह पूर्व मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा तथा अन्य नेताओं ने भाग लिया टोंक में भी जाट समाज और सर्व हिन्द् संगठन द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया जयपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक सिनेमा में तोड़ फोड़ की जिसके बाद शहर के सभी बाकी सिनेमाघरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई राजाराम मील तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह के नेतृत्व में जाट समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज गृहविभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात कर इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पानीपत फिल्म मामले में सेंसर बोर्ड को हस्तक्षेप कर संज्ञान लेना चाहिए श्री गहलोत ने आज एक बयान में कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को चाहिए कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर जाट समाज के लोगों से अविलम्ब संवाद करें केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने एक ट्वीट कर कहा कि महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल हिम्मत और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं उन्होंने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर उनका चरित्र चित्रण करना उनका अपमान है तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने भी इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की आज बैठक हई जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई इस बीच उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार की ओर से जश्न पर कोई फिजूल खर्ची नहीं की जायेगी

कांग्रेस की झोली में केवल दो सीट गई हैं जबकि एक सीट पर अन्य को जीत मिली

इन उपचुनावों में श्री येदियुरप्पा को अपनी सरकार के लिए साधारण बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम छह सीटों की जरूरत थी भाजपा ने उपचुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर राज्य में स्थायी बहमत वाली सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है इंचुनू जिले को स्कूल शिक्षा में अभिनव प्रयोग के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिये राज्य सरकार और निजी संस्था के बीच आज पांच वर्ष का करार किया गया

ज्यादातर स्थानों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जार रही है

इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है